केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने राज्य में फाइव स्टार विलेज योजना का शुभारंभ किया योजना के तहत संबंधित गांव डाक विभाग की सभी योजनाओं से लाभान्वित होंगे प्रदेश के नए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से इयूटी कर रहे प्लिस कर्मियों की मैदानी क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाएगी आज विश्व एड्स दिवस पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए एचआईवी पर विस्तार से जानकारी दी गई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

मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें दीक्षांत समारोह केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को द्निया में ज्ञान के मामले में शिखर पर स्थापित करेगी यह बात आज उन्होंने हेमवती नन्दन बहगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में कही पहली बार वर्युअल माध्यम से हुए इस दीक्षांत समारोह में पांच हजार से अधिक लोग एक साथ ज्डें

दीक्षांत समारोह में हिमालयी राज्यों के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के क्लपति भी शामिल हुए ये सभी विश्वविद्यालय एक संघ बना कर एक साथ काम कर रहे हैं फाइव स्टार विलेज योजना केंद्रीय संचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने राज्य में फाइव स्टार विलेज योजना का शुभारंभ किया इस योजना के तहत संबंधित गांवों को डाक विभाग की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा केंद्रीय राज्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर डाक परिमंडल के साथ समीक्षा बैठक भी की उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है कोविड के दौरान इसका लाभ आम जनता को मिलना शुरू हो गया है

उन्होंने कहा कि भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ गई है लेकिन आज भी डाक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी

इस दिशा में क्छ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है देहरादून में सस्टेनबल डेवलपर्मेट गोल एसडीजी मॉनिटरिंग के लिए तैयार डैश बोर्ड का विमोचन करते हुए म्ख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको प्रा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाय

म्ख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जिले समय समय पर अपनी उपलब्धियां अपलोड करेंगे रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओं इंडीकेटरों में कमी नजर आयेगी उन पर प्राथमिकता के साथ काम होगा कंभ मेला बैठक गढ़वाल मण्डल आय्क्त रविनाथ रमन ने कहा है कि हरिद्वार महाकृंभ मेले के लिए किये जाने वाले स्थायी प्रकृति के कार्य चल रहे हैं

गढ़वाल आय्क्त ने बताया कि अस्थायी प्रकृति के कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है शासन से अनुमोदन के बाद अस्थायी कार्य एक से डेढ़ महीने में पूरा होने का अनुमान है उन्होंने कहा कि क्म्भ के दौरान कोविड नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंस मास्क साफ सफाई व्यवस्था बायो मेडिकल वेस्ट के डिसपोजल की उचित व्यवस्था की जाएगी बैठक के दौरान गढ़वाल मण्डल आय्क्त ने कार्यों में ग्णवत्ता और पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि लापरवाही मिलने पर सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी उन्होंने क्म्भ मेले के दौरान कोविड नियंत्रण के सभी मानकों को प्रा करने के निर्देश दिये भुकंप हरिदवार हरिद्वार और आसपास के इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किये गए

देहरादून में भी इसके हल्के झटके महसूस किये गए भूकंप से किसी तरह के न्कसान की सूचना नहीं है

मैदान में रुके प्लिसकर्मियों को पहाड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे समय से इयूटी कर रहे प्लिस कर्मियों को मैदानी क्षेत्रों में लाया जाएगा उन्होंने बताया कि प्लिस म्ख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी तक छह समितियां काम कर रही थीं

नए डीजीपी ने मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्यों के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि पीड़ित केंद्रित प्लिसिंग ही उनका लक्ष्य होगा इसके लिए प्लिसकर्मियों के दृष्टिकोण और आदतों में सुधार करते हए उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि थानों में जन शिकायतों को शत प्रतिशत रिसीव कर समय पर उनका निस्तारण किया जाएगा शिकायत रिसीव नहीं करने पर दोषी प्लिसकर्मियों को दंडित किया जाएगा डीजीपी ने साइबर स्रक्षा को प्रम्ख च्नौतियों में से एक बताया उन्होंने कहा कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे साइबर सेल में भी जीरो एफआईआर की जा सके कृषि बिल प्रावधान नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं

इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहंचाया है कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद दवारा पारित तीन पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा च्का है किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वहां अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री गोदाम या स्टोरेज में भी बेच सकता है इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी ऊपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से देश के किसी भी कोने में बेच सकता है इन सबके अलावा नये विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं

इस अवसर पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर एड्स की जानकारी दी गई अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय में रक्तदान स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनजागरूकता गोष्ठी भी हई जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं रेडक्रॉस के पदाधिकारियों और विधिक प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया